केन्द्र सरकार ने कहा पोलियो वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित और कारगर हैं

राज्य सराकर ने पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी की है पेट्रोल दो रूपये बावन पैसे और डीजल दो रूपये पचपन पैसे सस्ता हुआ उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता में आज पटना में हुई बैठक में इस आशय का फैसला लिया गया गौरतलब है कि केन्द्र सरकार ने कल पेट्रोल और डीजल में ढाई रूपये प्रति लीटर की कमी की थी और राज्य सरकारों से अनुरोध किया था कि वे अपने वैट में कटौती करें ताकि अधिक से अधिक पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में कटौती का लाभ मिल सके केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार नक्सलवाद को समाप्त करने में काफी हद तक सफल रही है नई दिल्ली में शिखर वार्ता में श्री सिंह ने माओवाद को जड़ से उखाड़ने की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि सरकार किसी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं करेगी बाईट राजनाथ सिंह इतनी बात में दावे के साथ कहना चाहता हूं कि गवर्मेट के संबंध में जिसको जो कहना है उसकी आइडियोलॉजी उसकी फिलोसफी डिफरेंट हो सकती है भले ही हम उससे सहमत हों न हों सब चलेगा लेकिन किसी को वायलेंस इस देश में प्रमोट करने की इजाजत नहीं दी जा सकती केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि नक्सल प्रभावित राज्यों को नक्सली समस्या से निपटने के लिए हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जा रही है केन्द्र सरकार ने कहा है कि पोलियो वैक्सीन प्री तरह सुरक्षित और कारगर हैं तथा सभी माता पिता को अपने बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए इसका उपयोग करना चाहिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा कि हाल में ऐसी अफवाह फैलाई जा रही थी कि पोलियो की खुराक में वायरस पाया गया है और बच्चों को यह खुराक न दी जाए मंत्रालय ने कहा कि एक कंपनी की पोलियो खुराक मानक गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाए जाने के बाद इस कंपनी की दवा का उपयोग रोक दिया गया है और इसके सभी उपलब्ध स्टॉक हटा लिए गए हैं अन्य कंपनियों की पोलियो रोधी दवा परीक्षण और मानक स्तर की पाई जाने के बाद उपयोग में लाई जा रही है सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के परामर्श से यह सुनिश्चित करने के हर संभव उपाय किए हैं कि इस्तेमाल की जा रही पोलियो वैक्सीन प्ररी तरह सुरक्षित और कारगर हो

किशनगंज जोगबनी भीमनगर कुनौली लौकहा जयनगर पिपरौन भिट्ठा मोड़ सोनवर्षा बैरगनिया रक्सौल सिकटा और वाल्मिकीनगर से यह सेवा शुरू होगी सूत्रों ने बताया कि जो वाहन नेपाल और बांग्लादेश में आवागमन के इच्छ्क होंगे उन्हें निर्धारित अवधि के लिए परमिट जारी किया जायेगा परमिट जारी होने के साथ ही वाहन को संबंधित देश का एक अस्थायी नम्बर मिलेगा जिसके आधार पर वाहन को आने जाने में कोई रोक नहीं होगी कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता सदानंद सिंह ने आज चुनावी राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की कहलगांव से विधायक श्री सिंह ने कहा कि वे वर्ष दो हजार बीस में होने वाले विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे अब वे सिर्फ संगठन की मजबूती के लिए काम करते रहेंगे उन्होंने कहा कि अब वे चाहते हैं कि उनके पुत्र शुभानंद मुकेश कहलगांव से चुनाव लड़ें श्री सिंह कहलगांव विधानसभा क्षेत्र का नौवीं बार प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस बीच कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष कौकब कादरी ने श्री सिंह के फैसले का स्वागत किया है

गिरफ्तार कर्मचारी बालिका गृह में साफ सफाई का काम करता था जांच एजेंसी ने उसे अदालत में पेश किया जिसके बाद उसे तीन दिनों के रिमांड पर सोंप दिया गया निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने आज खगड़िया जिले के अलौली प्रखंड में पदस्थापित ग्रामीण आवास सहायक अरूण ठाक्र को पांच हजार रूपये रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया गिरफ्तार कर्मी शिकायतकर्ता से प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि भुगतान करने के एवज में रिश्वत ले रहा था भाजपा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष विशेश्वर ओझा की हत्या के मामले में पटना हाईकोर्ट ने पुलिस महानिदेशक से अब तक की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है आज इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने अब तक हुई जांच की प्रगति पर असंतोष जताया न्यायालय ने पुलिस को गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया मामले की अगली सुनवाई छब्बीस अक्टूबर को होगी कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि प्रदेश में कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई श्री कुमार ने आज अपने विभाग के कार्यक्रम और उपलब्धियों की जानकारी देते हुए श्री कुमार ने कहा कि चालू खरीफ मौसम में लक्ष्य के विरूद्व निन्यानवें प्रतिशत से अधिक भूमि पर धान की रोपनी हो चुकी है उन्होंने बताया कि किसानों को सिंचाई के लिए अब पचास रूपये प्रति लीटर डीजल अनुदान दिया जा रहा है वहीं मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है कृषि रोड मैप के तहत एनएच और एसएच के दोनों तरफ पड़ने वाले गांवों को जैविक कोरिडोर के रूप में विकसित किया जा रहा है कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार कृषि यांत्रिकीकरण पर विशेष ध्यान दे रही है जिससे किसानों को कम लागत में अच्छी उत्पादकता हासिल हो सके प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के तहत मधुबनी जिले में पूर्ण विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है

बिजली पहुंचने से लोगों की जिंदगी आसान हुई है

आकाशवाणी समाचार के लिये मधुबनी से अमरनाथ आनंद

यह जलीय जीव मुख्य रूप से गंगा और कोसी नदी में पाया जाता है इस अवसर पर पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में आयोजित समारोह में उप मूख्यमंत्री सह वन और पर्यावरण मंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि पटना विश्वविद्यालय परिसर में जल्द ही नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का शिलान्यास किया जायेगा उन्होंने कहा कि मुंगेर में भी एक केन्द्र की स्थापना की जा रही है जहां से लोग डॉल्फिन देख सकेंगे श्री मोदी ने कहा कि केन्द्र सरकार ने राज्य को डॉल्फिन संरक्षण के लिए उन्नीस करोड़ रुपये दिये हैं आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का कल शाम पटना स्थित भारतीय नृत्य कला मंदिर में आयोजन किया जा रहा है कार्यक्रम प्रमुख केकेसिन्हा ने बताया कि इस सम्मेलन में देश के जानेमाने कलाकार शामिल हो रहे हैं उप शास्त्रीय गायन की प्रख्यात कलाकार नीता सूरमा अपनी पस्तुति देंगी उनके साथ सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी तबला पर उस्ताद अख्तर हसन और हारमोनियम पर बदलू खान संगत करेंगे वहीं पंडित केशव गिंडे का बांसुरी वादन और अरविंद कुमार आजाद का तबला वादन भी होगा मुंगेर के बहुचर्चित एके सैंतालीस राइफल तस्करी मामले में एसआईटी ने मोहम्मद इरफान को रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है कल आरोपी इरफान ने मुंगेर की एक अदालत में आत्मसमर्पण किया था कटिहार जिले के फालमारी आउट पोस्ट क्षेत्र में गोविंदपुर गांव के पास हथियारबंद अपराधियों ने जिला परिषद् सदस्य मौरी देवी के पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी है खगड़िया जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत दियारा इलाके से प्रलिस ने एक मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन कर निर्मित अर्द्वनिर्मित हथियार और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किये हैं मौके से फैक्ट्री संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया है पटना में रेलवे की बेवसाइट हैक कर रिजर्वेशन टिकट काटने के मामले में पुलिस ने पचास आरोपियों को गिरफ्तार किया है मुजफ्फरपुर जिले के ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक कार से साढ़े अड़सठ लाख रूपये के साथ चार लोगों को हिरासत में लिया है बक्सर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत कुल्हड़िया गांव स्थित एक कब्रिस्तान से पुलिस ने लगभग दस लाख रूपये मुल्य की शराब बरामद की है शिवहर जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस ने अभियान चलाकर कुख्यात नक्सली मेघू सहनी समेत आठ अपराधियों को गिरफ्तार किया है खगड़िया जिले के गंगौर थाना क्षेत्र से पुलिस ने बैंक ठगी करने वाले गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है और अब अंत में मुख्य समाचार राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी की

केन्द्र सरकार ने कहा पोलियो वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित और कारगर हैं